इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य का बजट पेश करेंगे बजट को जन कल्याणकारी रूप में पेश करने के लिए मुख्यमंत्री ने समाज के विभिन्न वर्गो से व्यापक बजट पूर्व मंत्रणा की है बजट सत्र में जहां कांग्रेस अपने विकास कार्यो को प्रचारित करने की कोशिश करेगी वहीं विपक्षी दल भाजपा द्वारा कोटा में शिशुओं की मौत बिजली दरों की बढोतरी और टिड्डियों के हमले को प्रमुखता से उठाये जाने की संभावना है बजट सत्र से पहले पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी रणनीति बनान्न में जुटे रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीकर में पत्रकारों से कहा कि इस सत्र में भाजपा जनता से जुडे मुद्दो को सदन में प्रमुखता से उठायेगी

इस कार्यक्रम के तहत देश के सभी राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों के बीच गहरा सामंजस्य स्थापित कर राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा दिया जाता है

उन्होने कल जयपुर के एमएमएस मेडिकल कॉलेज में आयोजित कंगारू मदर केयर कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह बात कही

श्री शर्मा ने कहा कि कंगारू मदर केयर पद्वति को भी निरोगी राजस्थान का हिस्सा बनाया जाएगा साथ ही राज्य में किसी भी नवजात की मौत न हो इसके लिए जल्द ही प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरु किया जाएगा इससे पहले सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ सुधीर भंडारी ने कंगारू मदर केयर के बारे में बताते हुए मां की गोद को प्राकृतिक इन्क्यूबेटर बताया

बच्चों को पेट के कीड़ों से बचाने के लिए स्कूलों और स्वास्थ्य केन्द्रों में कृमिरोधी दवा पिलाई जा रही है

शेखावत की शहादत को सम्मान देने के लिए जनप्रतिनिधि सरकारी अधिकारी और सैन्यकर्मी उपस्थित रहेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीद राजीव सिंह की शहादत को सलाम करते हुए उनके परिवार के साथ खडे रहने की बात कही है उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और सांसद राज्यवर्द्वन राठौड ने भी नायक राजीव सिंह की शहादत को नमन किया है

श्री मोदी ने एक ट्वीट संदेश में लोगों से उन विषयों पर विचार भेजने का आग्रह किया है जिन पर उनको चर्चा करनी चाहिये

इस संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है

इधर डूंगरपुर के बेणेश्वर धाम पर आयोजित मुख्य मेले में कल देर रात तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस दौरान बागड नी बणी का चयन किया गया